प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल छाये रहने और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी फिर बढने लगी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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुये कहा कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं

श्री डोटासरा ने उम्मीद जताई कि नगर निकाय चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आयेंगे उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी भी चुनी जायेगी दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उसका अपमान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत सभिति के सदस्यों में भाजपा आगे रही और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्षी दल को इतनी बड़ी जीत भिली है

वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी आज फिर भाजपा में शामिल हो गये हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय में श्री तिवाड़ी का स्वागत किया और पार्टी में उनकी वापसी की घोषणा की डॉ पूनिया ने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर श्री तिवाड़ी वापस भाजपा में आये हैं इस मौके पर श्री तिवाड़ी ने कहा कि वे कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुये उनकी जड़े भाजपा से जुड़ी हैं और उनके जो मुद्दे रहे उन्हे केन्द्र सरकार पूरा कर रही है

ये काम सुबह नौ बजे शुरू होगा कल ही सभी परिणाम घोषित होने की उम्मीद है

इस बीच झालावाड़ में आज उप जिला प्रमुख का चुनाव हुआ जिसमें भाजपा के बेनाथ सिंह निर्वाचित घोषित किये गये गौरतलब है कि गुरूवार को एक मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान के कारण जिले में जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का चुनाव एक दिन देरी से हुआ है

उन्होने प्रशासन के अधिकारियों से भी पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की दौरे के बाद श्रीमती बेनीवाल ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की

आज भाजपा के चार सदस्यीय जांच दल ने भी अस्पताल का दौरा किया अस्पताल का दौरा करने के बाद प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जे के लोन अस्पताल में शिशुओं की मौत का सिलसिला लंबे समय से जारी है

श्री राठौड़ ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर निशाना साधते हुये कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद जसकौर मीणा ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा दिये उपकरणों का अस्पताल प्रशासन ने इस्तेमाल नहीं किया

जांच करने गये भाजपा प्रतिनिधियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया जिसके बाद प्रलिस को बल प्रयोग करना पड़ा इससे पहले कल रात राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने भी अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

श्री मोदो ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढाने और उन्हें अधिक ख्रशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है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 श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाये

जिले की सभी अदालतों और एडीआर सेंटर में लगाये गये अलग अलग शिविरों में वर्षों से राजस्व संबंधी प्रकरणों के अलावा बैंक बिजली जलदाय दुर्घटना और आपसी विवादों का निस्तारण हुआ

अधिकतर स्थानों पर पारा नीचे आ गया है